पांच दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा

और भारतीय पुलिस सेवा के बाईस अधिकारियों का तबादला

निवर्तमान पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी बनीं नववर्ष का लोगों ने आज उत्साह और नये संकल्पों के साथ स्वागत किया पटना के प्रमुख मंदिरों गुरुद्वारों और गिरजाघरों में लोगों ने सुख शांति और समुद्वि के लिए प्रार्थना की पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर राजवंशी नगर के पंचरूपी हनुमान मंदिर और अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर सहित अन्य मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गयी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि नववर्ष के जश्न को लेकर पिकनिक स्थलों पर काफी चहल पहल रही इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं नववर्ष की शुरूआत पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि नववर्ष और नए दशक के आगमन पर हम सब शांतिपूर्ण और करुणामय समाज के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने अपने संदेश में लोगों का आह्वान किया कि वे दयालु करुणामय तथा संवदेनशील मानव बनने का संकल्प लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में आशा व्यक्त की कि यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरपूर होगा उन्होंने सभी के स्वस्थ रहने की कामना की राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नववर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की है रेलवे ने नये साल में यात्री किरायों में बढ़ोतरी की है नये किराये आज से लागू हो गये हैं गैर वातानुकूलित साधारण पैसेंजर गाड़ियों की द्वितीय श्रेणी शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी के किराये में एक पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गयी है मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी शयनयान श्रेणी और प्रथम श्रेणी के लिए दो पैसे प्रति किलोमीटर तथा एसी चेयरकार एसी थ्री एसी टू एसी वन और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में चार पैसे प्रति किलोमीटर की दर से व्रद्धि की गयी है आरक्षण शुल्क और सुपरफास्ट अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है साथ ही जीएसटी की दरें पूर्व की तरह लागू रहेंगी एकल यात्रा टिकट मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी है जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा लिये हैं उनसे मार्ग में पुराने और नये किराये का अंतर नहीं वसूला जाएगा भारतीय पुलिस सेवा के बाईस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है साथ ही कई अधिकारियों को प्रोन्नति भी दी गयी है पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक को अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस उपमहानिरीक्षक बनाया गया है वहीं पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र शर्मा पटना के नये वरीय पुलिस अधीक्षक होंगे अशोक मिश्र को पटना पश्चिमी क्षेत्र का और जगुन्नाथ रेड्डी को पटना रेल का नया प्रलिस अधीक्षक बनाया गया है लिपि सिंह मुंगेर की प्रलिस अधीक्षक होंगी अभिनव कुमार सीवान के और गौरव मंगला वैशाली जिले के पुलिस अधीक्षक बनाये गये हैं नवीन चंद्र झा पूर्वी चंपारण जिले के एसपी होंगे वहीं अमित कुमार अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था होंगे राकेश राठी मगध क्षेत्र के जबकि अजिताभ कुमार दरभंगा क्षेत्र के नये आईजी होंगे मूंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापूर गांव में पूलिस ने एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में निर्मित अर्द्दनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किये गये हैं पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने दस किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने बताया कि बरामद चरस का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग दो करोड़ रूपये है उन्होंने बताया कि चरस नेपाल के रास्ते लाया जा रहा था पिछले महीने जीएसटी राजस्व की वसूली एक लाख तीन हजार एक सौ चौरासी करोड़ रुपये रही जो दो हजार अठारह में इसी महीने हुई राजस्व वसूली से सोलह प्रतिशत ज्यादा है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर महीने के लिए इकतीस दिसंबर दो हजार उन्नीस तक कुल इक्यासी लाख से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए सिख धर्म के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ तिरपनवां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है

आज पंज प्यारों के नेतृत्व में गाय घाट स्थित बड़ी संगत गुरूद्वारे से भव्य नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली गयी इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने प्रष्प वर्षा कर नगर कीर्तन का स्वागत किया शोभा यात्रा के दौरान म्यूजिक बैंड के सदस्यों की प्रस्तुति और गतका दल के सदस्यों के रोमांचक करतब आकर्षण के केन्द्र रहे कल देर रात गुरू गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मदिवस मनाया जायेगा इसके साथ ही तीन दिनों से चल रहे मुख्य समारोह का भी समापन हो जायेगा प्रकाश पर्व में भाग लेने के लिये देश विदेश से श्रद्धाल् पटना सिटी पहुंचे हैं कंगन घाट में टेंट सिटी का निर्माण किया गया है साथ ही श्रद्धालुओं के लिये चौबीस घंटे लंगर का भी आयोजन हो रहा है आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से सविता पारीक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज हल्की बारिश से ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया जिला भीषण शीतलहर की चपेट में है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज गया रोहतास औरंगाबाद और आसपास के जिलों में हल्की बारिश रिकार्ड की गयी मौसम विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है वहीं पटना और मध्य बिहार में तीन और चार जनवरी को हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है आज पांच दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार और प्रर्णियां का दस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के कुटुम्बा प्रखंड में पिछले चौबीस घंटों के दौरान ठंड से दो लोगों की मौत हो गयी केन्द्र सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण दो हजार बीस की दूसरी तिमाही का परिणाम घोषित कर दिया गया है इस सर्वेक्षण में राजधानी पटना को देश भर में दो सौ तिहत्तरवां स्थान प्राप्त हुआ दस लाख से अधिक की आबादी वाले उनचास शहरों में पटना छियालीसवें स्थान पर रहा पचास हजार से एक लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में सुपौल को प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल हुआ है वहीं देश में यह शहर चौदहवें स्थान पर रहा सुपौल के बाद इस सूची में औरंगाबाद बिहारशरीफ पटना बोधगया मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बक्सर और खगड़िया शहर रहे नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल एसकेएमसीएच में सुविधाओं की बढ़ोतरी का अनुरोध किया पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया अनुमंडल कार्यालय के लिपिक कश्यप कुणाल को रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित कर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसौनी गांव के पास एक अनियंत्रित बस के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये बक्सर केन्द्रीय कारा में बंद एक सजायाफ्ता कैदी की आज इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गयी नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत सुकुनतखुर्द मोहल्ला से पुलिस ने तीन अपराधियों के हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के बेलसर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के वारिसपुर गांव में अपराध की योजना बना रहे तीन अपराधियों को पुलिस ने दो पिस्तौल और चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के कोरमा में गैस सिलेंडर विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र अंतर्गत करसहिया गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी से सत्तर हजार रूपये लूट लिये और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है नववर्ष

पांच दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा

और भारतीय पुलिस सेवा के बाईस अधिकारियों का तबादला

निवर्तमान पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक अपराध अनुसंधान विभाग में डीआईजी बनीं